राज्य के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि इस घटना में तीन आतंकवादी मारे गये हैं उन्होंने कहा कि इन तीनों का संबंध आतंकी गिरोह अलकायदा के अंसार गजवात उल हिन्द से था श्रीनगर में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस गिरोह के स्थानीय सरगना जाकिर मूसा के तेईस चौबीस मई की रात को मारे जाने के बाद लेल्हारी ने उसका स्थान लिया था उन्होंने कहा कि इन तीन आतंकवादियों के मारे जाने से कश्मीर में अंसार गजवत उल हिंद का लगभग सफाया हो चुका है

उन्होंने कहा कि सुरक्षाबल इस स्थिति से अच्छी तरह निपट लेंगे प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गृणवत्ता पर असंतोष जताते हए कहा कि आज भारत का उच्च शिक्षा तंत्र भले ही अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा तंत्र हो मगर गुणवत्ता के मामले में हम काफी पीछे हैं यही वजह है कि द्निया के शीर्ष दो सौ विश्वविद्यालयों में देश का कोई भी विश्वविद्यालय जगह नहीं बना पाया है राज्यपाल ने आज गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मेघावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही कुलाधिपति ने छात्र छात्राओं से सामाजिक उपयोगिता वाले विषयों पर गुणात्मक शोध कार्य करने को कहा है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में शोध कार्यो की गुणक्ता को निरन्तर सुधारना होगा शोध के विषयों को आमजन के विषयों से जोड़ना होगा ताकि शिक्षा की उपयोगिता मानव हित के लिए उपयोग में लायी जा सके श्रीमती पटेल ने छात्रों को सलाह देते हुए कहा कि वे दहेज प्रथा के विरूद्व आवाज उठायें और अपने अभिभावकों को दहेज रहित विवाह के लिए तैयार करें उन्होंने अभिभावकों को भी सलाह दी कि वे शिक्षा के साथ साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी दें केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अंतरराष्ट्रीय हिम तेंद्आ दिवस के अवसर पर देश में हिम तेंदुओं की गणना के लिए पहले राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया हर वर्ष तेईस अक्तूबर को मनाये जाने वाले हिम तेंदुआ दिवस का उद्देश्य इन प्राणियों का संरक्षण और हिमालय में वन्य जीवन की रक्षा करना है वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षा कार्यक्रम की संचालन समिति की चौथी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री जावडेकर ने विश्वास व्यक्त किया कि इसके दायरे में आने वाले सभी देश मिलकर काम कर सकते हैं और हिम तेंदुओं की गणना कर सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शिक्षा केवल डिग्री एवं डिप्लोमा हासिल करने का माध्यम नहीं है बल्क यह सर्वगीण विकास और राष्ट्र निर्माण का संसाधन है आज लखनऊ में एक शैक्षिक संस्था के कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है जबकि उत्तर प्रदेश पैंतीस वर्ष तक की उम्र के सबसे ज्यादा युवाओं वाला प्रदेश है उन्होंने कहा कि अगर युवा शक्ति चाहे तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे चला जायेगा इस अवसर पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर आज गोरखपुर में स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ पांच दिवसीय इस प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से किया जा रहा है और इसमें महात्मा गांधी के संदेशों को डिजिटल चित्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं शिक्षा संकाय कैम्पस में लगी इस प्रदर्शनी का आज नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने श्भारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मुहिम की शुरूआत की है उसे जन भागीदारी द्वारा ही पूरा किया जा सकता है उन्होंने लोगों से अपने आस पास सफाई बनाए रखते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की कार्यक्रम में गोरखपुर सदर विघायक राधामोहन दास अग्रवाल पिपराइच विघायक महेंद्र पाल सिंह भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक आर पी सरोज उपस्थित थे प्रदेश में विधानसभा की ग्यारह सीटों पर हुए उप चुनाव की कल होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं मतगणना के लिये संबंधित जिलों में प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं चुनाव परिणाम आने से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं प्रदेश की जिन ग्यारह विधानसभा सीटों पर उप चुनाव कराए गए थे वे हैं लखनऊ कैन्ट प्रतापगढ़ रामपुर सहारनपुर की गंगोह अलीगढ़ की इगलास कानपुर की गोविन्दनगर चित्रकृट की मानिकपुर बाराबंकी की जैदपुर अम्बेडकरनगर की जलालपुर बहराइच की बलहा और मऊ की घोसी